बारह अन्य रेल परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ

दो सौ अंठानवे किलोमीटर की दूरी घटकर हो जायेगी बाईस किलोमीटर

रिकवरी रेट के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर और आयुष्मान भारत योजना के तहत कई बीमारियों के इलाज की राशि बढ़ी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे यह आयोजन बिहार के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और इस महासेतु से राज्य को समूचे पूर्वोत्तर से जोड़ा जा रहा है कोसी रेल महासेतु एक दशमलव नौ किलो मीटर लम्बा है और इसके निर्माण पर पांच सौ सोलह करोड़ रुपए की लागत आई है कोसी महासेतु मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों के छियासी वर्ष पुराने सपने को साकार करेगा महासेतु से निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी दो सौ अंठानवे किलोमीटर से घटकर बाईस किलोमीटर हो जायेगी वहीं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रणनीतिक संपर्क भी मजबूत होगा यह रेलखंड वर्ष उन्नीस सौ चौंतीस के भूकंप और बाढ़ में ध्वस्त हो गया था वर्ष दो हजार तीन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस महासेतु का शिलान्यास किया था पुल का निर्माण कोविड महामारी के दौरान प्रा किया गया और इस काम में प्रवासी मजदूरों ने भी भागीदारी की इसके अलावा प्रधानमंत्री बारह रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे इन परियोजनाओं में क्यूल नदी पर नया रेल पूल भी शामिल है इसके अलावा प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी समस्तीपुर दरभंगा जयनगर समस्तीपुर खगड़िया और भागलपुर शिवनारायणपुर रेलखंडों के विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे श्री मोदी हाजीपुर वैशाली इस्लामपुर नटेसर सहरसा असनपुर कुपहा करनौती बख्तिायारपुर लिंक बाईपास और बाढ़ से बख्तिायारपुर के बीच तीसरी रेललाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे इसके अलावा सहरसा सरायगढ़ राघोपुर मार्ग के गेज परिवर्तन कार्य का भी लोकार्पण होगा श्री मोदी बरौनी में नये विद्युत लोको शेड और नवनिर्मित किउल इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री हाजीपुर वैशाली और इस्लामपुर नटेसर रेललाइन पर यात्री रेलगाड़ियों और सहरसा असनपुर कुपहा डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इसके साथ ही कटिहार न्यू जलपाइगुड़ी रेलखंड और सीतामढ़ी से विद्युत रेलगाड़ी के परिचालन की भी शुरूआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इक्कीस सितंबर को राज्य के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के कार्यक्रम का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे

उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के सभी पैंतालीस हजार नौ सौ पैंतालीस गांवों को अगले वर्ष मार्च महीने तक भारत नेट के ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर इक्यानवे प्रतिशत से अधिक हो गयी यह राष्ट्रीय औसत से तेरह प्रतिशत ज्यादा है रिकवरी रेट के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमित लोगों में से इक्यानवे दशमलव एक छह प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं फिलहाल तेरह हजार पांच सौ छब्बीस लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं राज्य में कल कोरोना संक्रमण के एक हजार पांच सौ इकतीस नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख बासठ हजार छह सौ बत्तीस हो गयी है महामारी से प्रदेश में अब तक आठ सौ अड़तालीस लोगों की मृत्यु हुई है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वच्छता के महत्व पर बल दिया है साउंड बाईट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें वहीं दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस से संक्रमित अधिकतर लोग घर में ही क्वारंटीन होते हैं बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है साउंड बाईट अस्सी प्रतिशत में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में दूसरा स्वास्थ्य लाभ पैकेज प्रभावी हो गया है इसके तहत लाभुकों को गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी इस पैकेज में जले हुये रोगियों के उपचार के साथ साथ ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी को भी शामिल किया गया है कैंसर उपचार के पैकेज की राशि भी बढ़ा दी गई है साथ ही डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे रोगों के लिये प्रतिदिन भर्ती की दर भी निर्धारित की गई है स्वास्थ्य विभाग के अुनसार इस नये पैकेज के तहत इलाज की एक हजार पांच सौ चौहत्तर प्रक्रिया निर्धारित की गई है इसमें पांच लाख रूपये तक की सर्जरी की व्यवस्था होगी नये पैकेज के लागू हो जाने के बाद आयुष्मान योजना से अधिक संख्या में निजी अस्पतालों के जुड़ने का भी रास्ता साफ हो गया है रेलवे ने सहरसा से पटना कटिहार से पटना भभुआ से पटना राजेन्द्र नगर से जयनगर राजेन्द्र नगर से सहरसा और सहरसा से पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन तीस सितंबर तक जारी रखने का फैसला किया है राज्य सरकार के अनुरोध के बाद इन ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है वहीं सीतामढ़ी से आनंद विहार और राजेन्द्र नगर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच भी एक जोड़ी ट्रेन के परिचालन का फैसला किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित राउंड टेबल कांफ्रेंस को संबोधित करेंगे श्री कुमार ने कल एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े सरोकारों के कारण उन्हें यह अवसर मिला है श्री कुमार देश के एक मात्र मुख्यमंत्री हैं जो इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्तरवें जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गृह मंत्री अमित शाह सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर श्री मोदी को बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी इस अवसर सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है पार्टी की ओर से प्रदेश में आज रक्तदान शिविर श्रमदान और जनसेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भाजपा ने कहा है कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में जन आकांक्षाओं को शामिल किया जायेगा घोषणा पत्र समिति के संयोजक प्रेम कुमार ने कहा कि इस बार घोषणा पत्र में आत्मनिर्भरता पर मुख्य रूप से फोकस होगा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि पार्टी सेवा की राजनीति करती है समस्तीपुर में पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुये श्री गोहिल ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का सबसे पहले निदान होगा राज्य के पूर्व मंत्री सीताराम दास अपने समर्थकों के साथ जनता दल सेक्यूलर में शामिल हो गये हैं बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने तीन दिनों से चल रही हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है संघ के अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त द्वारा मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद च्नाव और जनहित को देखते हुये हड़ताल समाप्त की गई है राज्य के किसान अब डेबिट कार्ड और ई वॉलेट के माध्यम से उर्वरक खरीद का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिये ये व्यवस्था शुरू की है हालांकि नकद भुगतान की व्यवस्था भी पूर्व की तरह जारी रहेगी इधर विभाग ने एक ही आधार कार्ड का उपयोग कर जरूरत से अधिक खाद की खरीद करने वाले किसानों के सत्यापन का निर्देश दिया है सेवा के दौरान किसी भी सरकारी सेवक पर दर्ज होने वाले आपराधिक मामले की जानकारी अब विभाग को देनी होगी राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है आदेश में कहा गया है कि संबंधित सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं कराना कदाचार माना जायेगा प्रदेश में कोरोना संकट के बीच देर रात या अवकाश के दिन में काम करने वाले कर्मियों को अल्पाहार और भोजन की राशि का नकद भ्रगतान किया जायेगा वित्त विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है इसके अुनसार ऐसे कर्मियों को तीस नवम्बर तक राशि के भूगतान का निर्देश दिया गया है पटना उच्च न्यायालय ने वाणिज्य संकाय के छात्रों को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं किये जाने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकल पीठ ने इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुये सरकार से पूछा है कि वाणिज्य विषय के लिये विज्ञापन क्यों नहीं प्रकाशित किया गया मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी बिहार लोक सेवा आयोग ने छियासठवीं प्रारंभिक परीक्षा के लिये योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये हैं अभ्यर्थी अटठाईस सितंबर से बीस अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष हाने वाली मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षाओं के लिये फार्म भरने की अंतिम तिथि बीस सितंबर तक बढ़ा दी है पहले यह तारीख पंद्रह सितंबर तक निर्धारित थी आज विश्वकर्मा पूजा है भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पी और निर्माण तथा सृजन का देवता माना जाता है इस अवसर पर प्रदेश भर के इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों में पूजा का आयोजन किया गया है विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं आज महालया भी है पितृपक्ष की समाप्ति के साथ इस शुभ दिन की शुरुआत होती है इस बार मलमास के कारण दुर्गापूजा की शुरुआत महालया के एक महीने बाद यानी सत्रह अक्टूबर से होगी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 हिन्दुस्तान ने लिखा है कोरोना पर संसद में केंद्र और विपक्ष के बीच संग्राम महामारी से निपटने के सरकारी इंतजामों पर राज्यसभा में जमकर हंगामा दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है पूरे देश में हो रही है राज्य के भव्य भवनों की चर्चा प्रभात खबर की सुर्खी है भारतीय सेना से घबराये चीन ने दो सौ राउंड गोलियां चलायी दैनिक भास्कर ने लिखा है भारत में नवंबर तक आ सकती है रूस की कोरोना वैक्सीन दैनिक आज लिखता है पात्रता परीक्षा से होगी लाइब्रेरियन की बहाली राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है बाबरी मस्जिद विध्वंस पर तीस सितंबर को आयेगा फैसला

बारह अन्य रेल परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ

दो सौ अंठानवे किलोमीटर की दूरी घटकर हो जायेगी बाईस किलोमीटर

रिकवरी रेट के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर और आयुष्मान भारत योजना के तहत कई बीमारियों के इलाज की राशि बढ़ी